उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण का हब बनाने के लिए राज्य सरकार है प्रयासरत देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर चौरान्नबे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए समी ज़रूरी क़दम उठा रही है श्री योगी कल मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल क़ृषि विश्वविद्यालय में पचहत्तर करोड़ रूपये लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क़ानूनों से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उनके हितों की रक्षा भी हो सकेगी श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसान विपक्षी दलों के छलावे में न आयें जो राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा किसानों की समस्याओं का समाधान संघर्ष से नहीं संवाद से ही निकलेगा विकास कार्यो का जिक करते हुए श्री योगी ने कहा कि तेईस हज़ार करोड़ रूपये की लागत से मेरठ दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम होगा और दिल्ली की दूरी सिर्फ पैंतालिस मिनट में तय की जा सकेगी इसके अलावा राज्य सरकार ने खांडसारी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए तीन सौ से ज्यादा लाईसेंस किसानों को निःशृत्क उपलब्ध कराये हैं उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए गंग नहर पटरी पर कांवड़ मार्ग बनाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के लोगों विशेषकर किसानों को आने जाने में आसानी हो सके उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों से रूबरू होने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाघ्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज बस्ती और अयोष्या जिलों में किसानों को संबोधित करेंगे वहीं कल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उपमुख्यमंत्री केराव प्रसाद मौर्य क्रमशः गोंडा और वाराणसी जिलों में किसानों से रूबरू होंगे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम यह दर्शाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि भाजपा ने असम के बीटीसी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी सीटों की संख्या एक से बढाकर नौ कर ली है श्री जावडेकर ने कहा कि चाहे बिहार विधानसभा के चुनाव हों विमिन्न राज्यों के उप चुनाव हों तेलंगाना में जीएचएमसी के चुनाव हो लद्दाख में एलएएचडीसी के चुनाव हों या राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत के च्नाव हो भाजपा को हर जगह जनता का समर्थन मिला है उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग किसान गरीब शहरी ग्रामीण लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का समर्थन कर रहे हैं

बिहार का हो मध्य प्रदेश यूपी गुजरात मणिपुर कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है

ये इस चुनाव का मतलब है ये चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मतलब है लोगों का मोदी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है और इसलिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं किसान गरीब सभी वर्ण समाज के ग्रामीण और शहरी सभी लोग आज मोदी जी के विकास के कार्यक्रम को मान्यता दे रहे हैं किसानों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया के जरिये बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं और सरकार इन पर नजर रखे हए हैं उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की प्रगति और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है श्री योगी ग़ाज़ियाबाद में एक सौ बत्तीस करोड़ रूपये की लागत से बनाये गये कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन को लोकार्पित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जिले के विकास के लिए करीब सात सौ इकसठ करोड़ रूपये से अधिक की तीस विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण का केन्द्र बनाने के लिए प्रयासरत है डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अगले पांच वर्षो के दौरान इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चालिस हज़ार करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और चार लाख युवाओं को रोज़गार दिया जायेगा डॉक्टर शर्मा कल जौनपुर में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद हमारे प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष दो हजार सत्रह में सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नोयडा ग्रेटर नोयडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित कर चुकी है उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में बीस हजार करोड़ रूपये के निवेश के लक्ष्य को तीस निवेशकों के जरिये अर्जित कर लिया गया है और लगभग तीन लाख रोजगार के अवसर भी सुजित किये गये हैं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर बनाने के ऊम में बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और लखनऊ उन्नाव तथा कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर स्थापित किये जा रहे हैं

इस दिशा में सरकार अमी से तैयारी कर रही है डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मार्च अप्रैल में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही पाठयकम पूरा करा लिया जायेगा देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानबे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में तैंतीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या तिरान्नबे लाख सत्तावन हजार हो गई है उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि प्रभावशाली ढंग से स्वास्थ्य सेवाए हासिल करने के लिए ई संजीवनी ऐप के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए

संसद भवन पर सन् दो हजार एक में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र ने कल श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि दी शहीदो को श्रद्वाजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कमी नहीं भूल सकते उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे प्रसिद्व शिक्षाविद् और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके प्रोफेसर बेनी माधव शुक्ल का वाराणसी में निधन हो गया कल उनका अंतिम संस्कार हरिश्चन्द्र घाट पर कर दिया गया